प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण इसी महीने ऑनलाइन आयोजित होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी परीक्षाओं के बारे में स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बौद्धिक सत्र आयोजित करेंगे इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया माईगोव प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गई है और यह रविवार तक चलेगी

देशभर के लगभग दो हजार स्कूली छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों में से विजेता को चुना जाएगा और उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के दवीट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक घर में पेयजल उपलब्ध कराना उल्लेखनीय प्रगति है उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर घर जल उपलब्ध कराना है

सात करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को भी घर में पेयजल मिल रहा है

अभी जिले में जल परीक्षण की एक ही प्रयोगशाला है जिससे जल नमूनों की जांच में देरी होती है

भगवान शिव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि आज प्रदेशभर में परम्परागत श्रद्वाभाव से मनाया जा रहा है राज्य के शिव मंदिरों में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साथ बम भोले के जयकारे लग रहे हैं प्रतापगढ़ में कांठल का हरिद्वार माने जाने वाले गौतमेश्वर महादेव और मंगलेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है बीकानेर के विभिन्न मंदिरों में भी शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है

उदयपुर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

महाकालेश्वर का मेला भी आयोजित नहीं किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी ने महाशिवरात्रि पर्व की देश प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है झुंझुनू के सूरजगढ़ और पिलानी क्षेत्र में सरसों गेहूं और चने की फसल को औसतन पचास प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर जल्द गिरदावरी करवाने और किसानो को मुआवजा देने की मांग की है वहीं हनुमानगढ़ में भी ओलावृष्टि से तैयार फसलों का भारी नुकसान हुआ है जिला प्रशासन की ओर से ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना करवाया जा रहा है प्रदेश में मौसम में आ रहे बदलाव के कारण तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है

मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बनने से आज और कल ओलावृष्टि बारिश और तेज हवांए चलने की संभावना है